प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक को संबोधित करते हए यह घोषणा की

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व में वैक्सीन तैयार करने वाला एक प्रम्ख देश भी है और यह सौभाग्य की बात है कि भारत विश्व के लगभग साठ प्रतिशत बच्चों के टीकाकरण में योगदान कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत गावी के कार्यों को मानता है और उसे महत्व देता है उन्होंने कहा कि गावी को भारत की सहायता न केवल वित्तीय है बल्कि भारत की भारी मांग के कारण विश्व में वैक्सीन की कीमत काफी कम हई है जिससे पिछले पांच वर्षो में गावी को लगभग चालीस करोड डॉलर की बचत हई है

रिपोर्ट के अन्सार सभी एसिमटोमेटिक बताया जा रहा है

पांच नए पोजिटिव मामलो में तीन चांगलांग से वही नामसाई और वेस्ट सियांग जिले से एक एक मामला रिपोर्ट किया गया है

च्ंकि ईस्ट सियांग से आरोग्य सेत् एकाउंट में लॉग इन की गई थी इसलिए मुंबई के कोविड पोजिटिव मरीज के जिओलॉकेशन ऑटोमेटिकेली ईस्ट सियांग जिले में रिकॉर्ड हो गया भविष्य में इस तरह के मामलों से बचने के लिए जिला उपायुक्त ने आरोग्य सेतु में लॉग इन ओ टी पी को किसी के साथ सांझा न करने को कहा

तिराप के डिप्टी कमीशनर भान् प्रभा ने बताया कि जिले में गाडियों की कमी को देखते हुए एम्ब्लेंस अनिवार्य रूप से खरीदे गये हैं

यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत तीसरी किस्त है

उन्होंने कहा कि यह राशि लाभार्थियों की खाता संख्या के अंतिम अंक पर आधारित समय सारणी के अन्सार भेजी जाएगी

एक लाख सत्तर हजार करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत सरकार ने महिलाओं गरीब ब्ज्र्ग व्यक्तियों और किसानों को निशुल्क अनाज तथा नकद राशि के भुगतान की घोषणा की थी

ऐसे में ईस्ट सियांग जिले के सकूली शिक्षक जोन पान्यांग ने वायरल संक्रमण को रोकने के लिए स्वैच्छिक सेवा प्रदान कर रहा है जोन पान्यांग ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन के माध्यमिक स्कूल के शिक्षक है उन्होंने रुकसिन के डोरल्ंग राल्ंम गांव के एन्ट्री पोईंट पर अस्थायी स्क्रिंनिंग सेंटर म्थापित किया है

विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र दवारा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है इसका म्ख्य उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण से ज्ड़े विभिन्न म्द्दों के प्रति लोगों को सजग बनाना है इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय जैव विविधता है